उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी लागत के न्यूनतम समर्थन मूल्य में दो से तीन गुना तक वृद्धि की है

हिन्दू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना की जाती है आज से ही भगवान शिव को नदियों का पवित्र जल अर्पित करने के लिए कावड़ यात्रा भी शुरू होती है आज के दिन श्रद्धालू व्रत उपवास रखते हैं और शिवालयों में जाकर भगवान शिव की विशेष पूजाअर्चना करते हैं

उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि तड़के सुबह तीन बजे भगवान महाकालेश्वर का दूध दही से अभिषेक किया गया जिसके बाद विधि विधान से पुजारियों ने महाकाल की भस्म आरती की

प्रशासन ने श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में विशेष प्रबंध किए है आज शाम भगवान महाकालेश्वर की सवारी निकाली जायेगी उधर खंडवा जिले के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है यहां ओंकारेश्वर में आज शाम भगवान ओंकारेश्वर और भगवान मंगलेश्वर की सवारी निकाली जाएगी जबलपुर नरसिंहपुर और होशंगाबाद में भी शिव मंदिरों में भगवान शिव की आराधना के लिये भक्तों की भीड़ देखी जा रही है शाजापुर में भी आज शाम परंपरानुसार भगवान भोलेनाथ की शाही सवारी निकाली जाएगी टीकमगढ़ शिवपुरी गुना अशोकनगर उमरिया रायसेन झाबुआ धार आगरमालवा विदिशा सतना रीवा डिंडोरी भिंड मुरैना ग्वालियर सागर दमोह शहडोल अनूपपुर और सिंगरौली सहित विभिन्न जिलों से सावन सोमवार पर शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना के समाचार मिले हैं मिलावटी दूध मुरैना जिले में सिथेटिंक दूध बनाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलबाड़ करने वाली दूध डेरियों पर राज्य शासन द्वारा जांच करने भेजी गई खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की विशेष टीम की खबर लगते ही अधिकांश डेयरी संचालक अपने अपने संस्थान बंद कर भाग खड़े हुये इस विशेष जांच दल में एसटीएफ की टीम भी साथ थी टीम ने अम्बाह में बनखण्डेश्वर डेयरी पर जांच की लेकिन वहां संचालक नही मिलने पर उसके कार्यालय को सील किया गया सूत्रों ने बताया कि चार डेरियों और चिलर सेंटरों से दूध और पनीर के नमूने लिये गए जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा

उधर श्योप्र के मढ़ा गांव में दो महिलाएं बिजली की चपेट में आ गई जिसमें से एक की मृत्यु हो गई मुरैना जिले के तोड़ी गांव में भी एक चरवाहे पर बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई

अब कुछ समाचार संक्षेप में केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कल डिंडोरी में भाजपा सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया